केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से वोटों की गिनती के मददेनजर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा

राज्य में गर्मी बढी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से राहत

तमिलनाडु में वेल्लोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान धन बल के उपयोग के कारण चुनाव आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी पांच मतदान केन्द्रों के ईवीएम के वोटों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जायेगा इस कारण चुनाव परिणामों की घोषणा में देरी हो सकती है परिणाम देर शाम तक मिलने की आशा है सबसे पहले डाक से प्राप्त मत पत्रों की गणना की गई वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की गिनती अंत में होगी इस बीच ई वी एम की गणना से संबंधित शिकायतों के लिए नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो चौबीसों घंटे काम करेगा

मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के रूझान और परिणाम की जानकारी देने के लिए एक नई वेबसाइट शुरू की है

लोकसभा चुनाव में पहली बार सैन्यकर्मी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाक मत का उपयोग किया गया है निर्वाचन उपायुक्त संदीप सक्सेना ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में कहा कि सूचना तकनीकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने दो करोड़ नये मतदाताओं को शामिल किया है केंद्र ने राज्य सरकारों को मतगणना के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिंसा की घटनाओं के प्रति सतर्क किया है गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था शांति और आपसी सदभाव बनाए रखने की सलाह दी है

मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रि स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना स्थल पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए

उन्होंने बताया कि राज्य की सभी लोकसभा सीटों की मतगणना के रूझान परिणाम और पल पल की ताजा जानकारी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के जरिए लोगों को मिल सकेगी

इसके अलावा मतगणना केंद्रों तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर भी एलईडी के जरिए मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है

जालौर से देवजी पटेल राजसमन्द सीट पर दिया कुमारी चूरु से राहुल कसवां उदयपुर से अर्जुन मीणा कोटा से ओम बिड़ला और झालावाड़ से दृष्यन्त सिंह आगे चल रहे हैं अलवर सीट पर कांग्रेस के भंवर जितेन्द्र सिंह श्रुआती रुझान के मुताबिक बढ़त बनाये हुए हैं

भरतपुर में संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना महारानी श्रीजया कॉलेज में की जा रही है उधर जालौर के वीरमदेव राजकीय महाविद्यालय में कडी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है

बीकानेर में राजकीय पॉलोटेक्निक कॉलेज परिसर में वोटों की गिनती जारी है जहां भाजपा के अर्जुनराम मेघवाल और कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल के बीच मुकाबला है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए मतगणना राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में की जा रही है

बोर्ड के अध्यक्ष नथमल डिडेल ने बताया कि कला संकाय में भी छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारी है और इस बार का परिणाम पिछले साल के बराबर ही रहा है

अजमेर जिले के किशनगढ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता सुरेन्द्र कुमार और वरिष्ठ सहायक नवरतन को एक लाख रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया सहायक अभियंता ने पाइपलाइन के स्थानांतरण के कार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी ब्यूरो द्वारा करवाए गए सत्यापन में शिकायत सही पाई गई ब्यूरो ने वरिष्ठ सहायक नवरतन के जरिए रिश्वत की राशि लेते समय दबिश देकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया बीकानेर के छत्तरगढ में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संज्ञान लेते हुए मामले की शीघ जांच करने को कहा है उन्होंने अब तक की कार्रवाई के संबंध में राजस्थान पुलिस महानिदेशक से जानकारी मांगी है बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा और सज्जनगढ थानों में दो युवतियों से दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं दोनों थानों की पुलिस कल दोनों पीड़िताओं को लेकर जिला अस्पताल पहुंची और वहा पर मेडिकल मुआयना कराया गया

प्रदेश में कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव के चलते हल्की बारिश हुई टोंक जयपुर बूंदी सहित कुछ जगह शाम को बादल छा गए और ब्रंदाबादी हुई झालावाड और सवाईमाधोपुर में भी दोपहर बाद बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली राजसमंद में तेज गर्मी रही चूरू में लू के हालात रहे

राज्य के अन्य स्थानों पर भी दिन के तापमान में बढोतरी हुई है

गुवाहाटी में कल शिव थापा अमित पंघल दीपक नीरज स्वामी पी एल प्रसाद गौरव बिधूड़ी अंकित और मनीष ठाकुर ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर पदक पक्के कर लिए हैं

इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में दो शून्य विजयी बढ़त बना ली है भारतीय टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बावजूद कप्तान रानी रामपाल और नवजोत कौर के गोल की बदौलत जीत दर्ज की